सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिये हैं कि कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस नाम की नई बीमारी का असर भी देखा जा रहा है अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा राज्य स्तर पर गठित स्वास्थ्य विशेषज्ञों की परामर्शदात्री समिति इस संबंध में विचार विमर्श करे इससे बचाव के लिये सावधानियां लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तैयारियों के बारे में मुख्यमंत्री कार्यालय को अपनी रिपोर्ट दे

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कुछ जिलों में अवैध शराब के सेवन से मृत्यु की घटनाआं का संज्ञान लिया है उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं कि अवैध शराब की ब्रिकी पूरी तरह समाप्त करने के लिये सख्त कार्रवाई की जाये और प्रवर्तन की कार्रवाई मिशनमोड पर हो श्री सहगल ने बताया कि निराश्रित गौआश्रय स्थलों में भूसा चारा के पर्याप्त प्रबंध रखे जाये

सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी का मुकाबला करने के लिए एम्फोटेरिसिन बी दवा की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई उपाए किए हैं कोविड से ठीक होने के बाद कई लोगों में म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी के लक्षण दिखते है इस बीमारी से निपटने के लिए एम्फोटेरिसिन बी की मांग भी हाल ही में काफी बढ़ी है केंद्र सरकार ने इस दवा के उत्पीदकों से उत्पादन बढ़ाने को कहा है इस दवा के अतिरिक्त आयात और दश में इसके उत्पादन में वृद्धि से इसकी आपूर्ति में सुधार आने की संभावना है विदेशों से प्राप्त होने वाली इस दवा का कद्रीय औषध विभाग ने राज्यों को आवंटन किया है राज्यों से यह अनुरोध किया गया है कि वे सरकारी और निजी अस्पतालों तथा स्वास्थ्य देखभाल एजेंसियों के बीच इस दवा का समुचित बंटवारा करें कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में ट्रेस टेस्ट और ट्रीट की नीति के अनुरूप सभी प्रदेशवासियों के जीवन और जीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये सभी जरूरी प्रयास किये जा रहे हैं

उन्होंने कहा कि संक्रमण दर लगातार कम हो रही है जबकि रिकवरी दर हर दिन बेहतर हो रही है

इनमें से एक लाख आरटीपीसीआर टेस्ट है उन्होंने बताया कि जनपदों को प्रतिदिन डेढ़ लाख सैम्पल एकत्रित कर प्रयोगशालाओं को भेजने का लक्ष्य दिया गया है

श्री प्रसाद ने बताया कि प्रदेश का एक भी नागरिक काविड टीकाकरण से वंचित न हो इसक लिये विशेष प्रबंध किया जाना आवश्यक है निरक्षर दिव्यांग निराश्रित व अन्य जरूरत मंदों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिये कॉमन सर्विस सेन्टर पर टीकाकरण पंजीयन की सुविधा प्रदान करना सुविधाजनक है इस संबंध में सभी जिलों में आवश्यक व्यवस्था की जाये उन्होंने बताया कि पीएम केयर्स फंड के माध्यम से सभी जिलों में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की स्वीकृति मिल गई है केन्द्र सरकार ने जिला मुख्यालय पर क्रियाशील सभी सरकारी अस्पतालों पर प्लांट स्थापना के लिये प्रस्ताव मांगे हैं प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि कोविड संक्रमण को रोकने के लिये राज्य सरकार हर स्तर पर हर संभव प्रयास कर रही है उन्होंने विपक्षी दलों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि विपक्ष सरकार के कार्यो में सिर्फ कमी ढूंढने का काम करते है और समाज में माहौल खराब करते हैं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों और प्रभावशाली पबंधन में राज्य में कोविड के केसों में बड़ी कमी आई है उन्होंने कहा कि गांवों में निगरानी समितियों के माध्यम से गांव के लोगों को महामारी से बचाव और इसको रोकने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं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

आज अंतराष्ट्रीय नर्स दिवस है

यह आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फलोरेंस नाइटिंगल की जयंती भी है उपराष्ट्रपति एम वेकैया नायडू ने लोगों की निःस्वार्थ और अथक सेवा के लिए नर्सों की सराहना की है

उन्होंने लोगों से अपील की कि स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए नर्सों के प्रति आभार प्रकट करें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर कोविड महामारी से लडाई में अग्रणी भूमिका निभा रही नर्सों का आभार व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि स्वस्थ भारत की दिशा में नर्सों की कर्तव्य दया और प्रतिबद्धता की भावना अनुकरणीय है इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नर्सो को बधाई और श्रभकामनाएं दी है अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में नर्सिंग स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान है

उन्होंने कहा कि विभिन्न नर्सो के सेवाभाव का कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करने उन्हें सम्मानित करने और उनके प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है

बाद में पत्रकारों से बात करते हुए ऊर्जा मंत्री ने बताया कि जिले के मेरठ मेडिकल कॉलेज समेत समस्त कोविड हॉस्पिटल का ऑडिट कराया जाएगा हर मरीज के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी कि वह किस तरीके से ठीक हुआ या उसकी मृत्यु कैसे हुई

उन्होंने मेरठ के जिला अधिकारी को आदेश दिए कि जल्द ही तहसील स्तर पर ऑक्सीजन बैंक बनाया जाए जिससे गांव में हो रहे संक्रमित मरीजों क इलाज में आसानी हो वहीं मथुरा पहुंचने पर ऊर्जा मंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में वैक्सीनेशन और कोविड टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि दूसरी डोज लगवाने के लिये प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक करे